उन्होंने कहा कि पर्यटकों को देश में स्वागत महसूस कराने के लिए वीज़ा प्रणाली का उदारीकरण के साथ श्रू हआ उन्होंने कहा कि यह पर्यटन मार्ट उन राज्यों को एक बड़ा मंच प्रदान करेगा जिनके पास अपने स्वयं के मार्ट नहीं है इससे पूर्व मार्ट का उदघाटन करते हए कोयला एवं रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि स्वच्छता अभियान के कारण पर्यटन क्षेत्र केा बढ़ावा मिला है क्योंकि द्वनियाभर में अधिक पर्यटक भारत में आ रहे है श्री गोयल ने कहा कि इस क्षेत्र में नये से नये अवसर उपलब्ध है मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज करनाल में स्वच्छता ही सेवा के पखवाड़े को लेकर स्थानीय बांसो गेट वाल्मीकि बस्ती में स्वच्छता कर्मियों व आम लोगों के साथ मिलकर सफाई अभियान चलाया और स्वयं झाड़ लेकर श्रमदान किया तथा लोगो को स्वच्छता का संदेश दिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत आंदोलन की चौथी सालगिराह पर प्रधानमंत्री ने इस अभियान को नई गति दी है

स्कूलों में भी विदयार्थियों को स्वच्छता के प्रति प्रेरित किया जायेगा

प्रदेश का ग्रामीण व शहरी क्षेत्र ओडीएफ हो च्का है अब प्रे प्रदेश को स्वच्छ बनाने की दिशा में कार्य चल रहा है उन्होने कहा कि स्वच्छता केवल कानुन बनाने से ही नहीं आएगी इसके लिए लोगों की सोच में परिवर्तन जरूरी है

स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत आज सदर बाज़ार अम्बाला छावनी में स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज विशेष रूप से मौजूद रहे और मंत्री के साथ कई अधिकारियों ने भी सड़क पर सफाई की श्री विज ने बताया कि ये अभियान सत्रह सितम्बर से दो अक्तूबर तक जिले के हर वार्ड हर बूथ पर चलेगा उन्होंने इस अभियान में सबसे बढ़ चढ़ कर शामिल होने की अपील की अम्बाला की उपाय्कत शरण्दीप कौर ने सभी को स्वच्छत में योगादान देने की शपथ दिलाई बाद में पत्रकारों से बातचीत में श्री विज ने कहा कि वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय फुटबाल मैदान फीफा से स्वीकृत होगा जहां विभिन्न प्रतियोगितायें आयोजित हो सकेगी उन्होंने बताया कि यहां इटली के स्टेडियम जैसा एस्ट्रोटर्फ बनाया जा रहा है

हरियाणा के जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डा बववारी लाल ने आज रिवाड़ी जिले के गांव टांकड़ी में श्रम कर स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लिया इस मौके पर डा बनवारी लाल ने कहा कि सुबह सुबह एक न्या प्रण एक न्या उत्साह एक न्या सपना लेकर स्वच्छता ही सेवा के संकल्प का दोहराये और दो अक्तूबर तक देश भ्जर में नई ऊर्जा व जोश के साथ शहर व गांव को स्वच्छ बनाये स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ के तहत आज यमुना नगर के गोबिंदपुरी में भी कार्यक्रम हआ जिसमें विधायक घनश्याम अरोड़ा ने बतौर अतिथि शिरकित की

हरियाणा प्लिस द्वारा आज रेवाड़ी के सामूहिक द्ष्कर्म मामले में गिरफ्तार म्ख्य आरोपी और दो अन्यों को महेन्द्रगढ़ जिले के कनीना अदालत में पेश किया गया अदालत मे मुख्य आरोपी व अन्य को पांच दिन के प्लिस रिमांड पर भेज दिया

उधर मुख्यमंत्री श्रीमनोहर लाल ने हरियाणा के प्लिस महानिदेशक को दो अभियुक्तों की तलाश कर शीघ्र गिरफ्तारी करने को कहा है

केन्द्रीय गृहमंत्री ने इस घटना पर कड़ा संज्ञान लिया था

इस मौके पर बोलते हए श्री गंगवार ने कहा कि सरकार ने संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में श्रमिक बलों के लिए कई कदम उठाये है उन्होनें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढाने के लिये प्रधानमंत्री की सराहना की

पंचकला के विधायक ज्ञान चंद ग्प्ता ने डिसपैंसरी में एक्स रे स्विधा की श्रूआत की इस मौके पर एक स्वास्थ्य शिविर भी लगाया गया

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से सेवानिवृत हये पेंशनरों के लिए कल हिसार लघ् सचिवाय में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये लोक अदालत लगाई जायेगी जिला खज़ाना अधिकारी के अन्सार इस लोक अदालत मे जिनकी ग्रेच्य्टी क्म्यूटेशन की राशि महालेखाकार हरियाणा द्वारा रोकी गई है उन पेंशनरों की स्नवाई होगी उन्होंने सेवानिवृत पेंशन धारकों से कहा िक पेंशन सम्बधी किसी भी शिकायत का निवारण इस अदालत मे किया जायेगा हिसार जिले के सभी गांवों में क्म्हार समाज के लिये पांच एकड़ भ्रमि आरक्षित की जायेगी ताकि वे वहां से मिट्टी लेकर सामान बनाकर आजीविका जटा सके ज़मीन की पहचन करने के लिए जिला प्रशासन ने एक एचसीएस अधिकारी की निय्क्ति की है

खरीद ई पोर्टल के माध्यम से होगी

दूसरी भारतीय पहलवान पूजा ढांडा ने सत्तावन भारवर्ग में बेहतर प्रदर्शन करते हए कांस्य पदक हासिल किया